इस वर्ष योग दिवस का मुख्य समारोह झारखंड के रांची में होगा इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अट्ठाईस हजार लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास करेंगे लगभग सात लाख वर्ग फीट क्षेत्र वाले इस आयोजन स्थल को सैंतालीस खंडों में बांटा गया है इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग मैट का प्रयोग किया जाएगा इस वर्ष के आयोजन का विषय है हृदय के लिए योग छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों विकासखंडों और पंचायतों में कल सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा मुख्य समारोह रायपुर कें सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे

इस दिन राज्य के साठ लाख से अधिक व्यक्तियों को योग प्रदर्शन के लिए सम्मिलित किए जाने का लक्ष्य है वहीं अन्य जिलों में भी कल होने वाले कार्यक्रमों में राज्य शासन के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे दंतेवाड़ा जिले में योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिले के शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में कल सुबह सात बजे से योगाभ्यास कराए जाएंगे

अंबिकापुर में आज लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई

इस बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आम नागरिकों से योग को अपने जीवन शैली में शामिल करने का आव्हान किया है राष्ट्रपति संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार एक मजबूत सुरक्षित समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और लोकसभा के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं

आगामी दो अक्टूबर से इस नई योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात कही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशनकार्ड बनाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और राशन कार्ड फर्जी न बनें मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्राथमिकता राशनकार्ड में एक सदस्य होने पर दस किलो दो सदस्य होने पर बीस किलो और तीन से पांच सदस्य होने पर पैंतीस किलो चावल प्रतिमाह दिया जाएगा परिवार में पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति यूनिट की दर से सात सात किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा इसी तरह एपीएल राशनकार्डधारियों को एक सदस्य होने पर प्रतिमाह दस किलो दो सदस्य होने पर बीस किलो और तीन या तीन से अधिक सदस्य होने पर पैंतीस किलो चावल प्रदान किया जाएगा यह चावल उन्हें दस रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा इसके अलावा निराश्रित और निशक्तजनों को हर माह दस दस किलो चावल निश्चल्क वितरित किया जाएगा आंगनबाड़ी केन्द्र समय बदलाव राज्य शासन ने प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों के खुलने और बंद होने के समय में आंशिक संशोधन किया है राज्य के आगंनबाड़ी केन्द्र अब तीस जून तक सुबह सात से दस बजे तक खुलेंगे पहले यह तिथि पंद्रह जून तक निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर तीस जून तक कर दिया गया है महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों जिला कार्यक्रम अधिकारियों जिला महिला और बाल विकास अधिकारी और बाल विकास परियोजना को आगंनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के समय में बदलाव करने के निर्देश जारी कर दिए हैं तीस जून के बाद आगंनबाड़ी का संचालन पहले की तरह सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक होगा दर्घटना बस्तर संभाग में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई वहीं चालीस से अधिक लोग घायल हो गए हैं बीजापुर जिले में बीती रात नेलसनार थाना क्षेत्र के पांडे मुर्गा गांव के पास एक बाराती गाड़ी और पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया

घायलों का इलाज नेलसनार भैरमगढ़ बीजापुर और दंतेवाड़ा के अस्पतालों में चल रहा है ये सभी लोग भैरमगढ़ के टिंटोडी के रहने वाले हैं और दंतेवाड़ा के आरनपरा से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे वहीं जगदलपुर के दरभा घाटी में सींमेट से भरे एक ट्रक के चालीस फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है मुतकों में चार बस्तर परिवहन संघ के सदस्य बताए जा रहे हैं मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट से भरी यह ट्रक जगदलपुर से सुकमा जा रही थी इसी दौरान दरभा घाटी में मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क दुर्घटना में नौ लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने अधिकारियों को सड़क हादसे में घायल लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं कौशल विकास योजना पंजीयन निरस्त मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिए जा रहे प्रशिक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर चालीस प्रशिक्षण बैचों और चौदह संस्थाओं के व्हीटीपी पंजीयन को निरस्त कर दिया गया है कल प्रशासन द्वारा रायपुर दुर्ग राजनांदगांव धमतरी बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले के तीस संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह कार्रवाई की गई संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में मोटर व्हीकल ड्रायविंग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जाएगा इसके लिए प्रशासन ने करीब पांच करोड़ रूपए की लागत से प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले से फॉरेस्ट गार्ड सहित दो लोगों की मौत हो गई है यह घटना धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के छाल वन परिक्षेत्र की है जांजगीर चांपा जिले के खिसोरा गांव में बीती रात एक घर में आग लग जाने से दो बच्चों की जलकर मौत हो गई जबकि एक बच्चे सहित दो अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए रायपुर जिले में कल इक्कीस से पच्चीस जून तक किसान चौपाल लगाया जाएगा